बाडमेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतक के परिजनों द्वारा मृतक का शव नहीं लेने पर बाडमेर जिला कलक्टर अंशदीप अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरडा और जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई मौके पर मौजूद है और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे है युवक के परिजन मामले की न्यायिक जांच आर्थिक सहायता दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे है उधर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पूरी घटना की आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है

मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया है प्रदेश में चल रहे सघन मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण अभियान का चौथा चरण अगले महीने की दो तारीख से संचालित होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक नरेश ठकराल ने जयपूर में आयोजित स्टेट टास्क फोर्स बैठक में अभियान की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने समी लामार्थियों का टीकाकरण सनिश्चित कर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए

एक भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत देशभर में राज्यों की कला और संस्कृति की विविधता के साथ ही अन्य जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए उनके जोड़े बनाए गए हैं राजस्थान का साझा राज्य असम है

कल गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बैंकों से चायबागान श्रमिकों के खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों को पर्याप्त संख्या में एटीएम और शाखाओं के साथ पर्याप्त मात्रा में कर्ज मुहैया कराया जाएगा इससे पहले श्रीमती सीतारमन ने गुवाहाटी में तीन दिवसीय वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का भी दौरा किया

ये दिन हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है